लखनऊ में कल अपने आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ निर्घारित अवधि का रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना लेकर आयी है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग एक लाख युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया मुख्यमंत्री ने कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ दूहंग बिजनेस में प्रदेश की रैंकिंग में और सुधार लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं श्री योगी ने प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए नियर्मो और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि विकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए कई जनपदों में जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिये जल्द ही प्रक्रिया श्रू की जाएगी मुख्यमंत्री ने आय्ष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने में और तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र के साथ समाज के सभी वर्गो तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो सौ पचास से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम सभाओं को पक्की सड़क से जोड़ने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है श्री मौर्य कल प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के राजापुर बिव्वन में पैंतालीस सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में दो सौ पचास से अधिक जनसंख्या वाले एक हजार पांच सौ सत्तावन गांवों को विन्हित किया गया है जिन्हें पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि इनमें प्रतापगढ़ के इक्यावन गांव भी शामिल हैं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई में भारत आज विश्व पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में उनर रहा है श्री मौर्य ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की हाल की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुये कहा कि श्री ट्रम्प ने भी अपने सम्बोधन में भारत को महत्वपूर्ण राष्ट्र बताया है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है पिछले दिनों हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या अट्ठाईस हो गई है हिंसा के सिलसिले में एक सौ से अधिक लोग गिरफ्तार किये गए हैं गृह मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं और स्थिति नियंत्रण में है आकलन के आधार पर दिल्ली पुलिस की चालीस कंपनियों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तिहत्तर कंपनियां इलाके में तैनात की गई हैं गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि भीड़ की हिंसा गंभीर अपराध है इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने ट्वीट में कहा कि पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास कर रही हैं उन्होंने लोगों से हर हाल में शांति और भाईचारा बहाल करने की अपील की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने कल प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातमा और बेटे अब्दल्ला आजम को रामपुर कारागार से हटाकर आज सीतापुर कारागार ले जाया गया पुलिस के अनुसार यह फैसला सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है रामपुर की स्थानीय अदालत ने फर्जी हलफनामा तैयार करने के आरोप में तीनों को कल न्यायिक हिरासत में भेजा था उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सीताप्र कारागार में सांसद आजम खान से मुलाकात की उनके साथ पार्टी के विधायक और कई नेता भी सांसद से मिलने पहुंचे थे जनपद बलिया में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि राजकीय आई टीआई परिसर रामपुर में आयोजित मेले में सात कम्पनियों ने भाग लिया रोजगार मेले में आठ सौ अड़तीस युवाओं ने पंजीकरण कराया था जिनमें से दो सौ नवासी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया महराजगंज जिले में आज सुबह एक रोडवेज बस और एसयूवी कार में आमने सामने से हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए पुलिस के अनुसार द्वर्घटना गोरखपुर सोनौली राजमार्ग पर हई दूर्घटना में एसयूवी चालक और एक महिला की मौत हो गयी गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है